चुनाव आयोग ने दृष्टिबाधित मतदाताओं को लोकसभा चुनाव से पहले ब्रेल लिपी वाले फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र देने का फैसला किया देश में चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से पांच हजार करोड रूपये अधिक का विनिवेश

कल नई दिल्ली में हई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने बताया कि यह कदम सरकार द्वारा आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की नीति के तहत उठाया गया है

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अलगाववादी नेताओं को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जा रही है और उनमें से कई लोगों को दी गई यह सुरक्षा हटा ली गई है

पुलवामा के सज्जाद खान को लालकिला के निकट लाजपतराय मार्केट से गिरफ्तार किया गया था मुदस्सिर ने सज्जाद को दिल्ली में आतंकी साजिश का काम सौंपा था मुदस्सिर ग्यारह मार्च को एक मुठभेड़ में मारा गया

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं चुनाव प्रकिया में मतदाताओं की भागीदारी बढाने के लिए सभी वर्गों खासकर दिव्यांग मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों के तहत यह पहल की गयी है ब्रेलयुक्त ईपीआईसी के लिए निर्धारित प्रारूप में एक तरफ ब्रेल लिपि में ईपीआईसी नंबर मतदाता का नाम जन्मतिथि और आयु दर्ज होगी जबकि दूसरी तरफ मतदान केन्द्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या लिखी होगी आयोग ने कहा है कि सीईओ समय से ईपीआईसी बनाने और वितरण करने में निजी क्षेत्र के वेंडरों की भी मदद ले सकेंगे

आयोग ने इस संस्थान को जिम्मेदारी दी थी कि वह वीवीपैट मशीनों की पर्चियों को ईवीएम मशीनों से मिलान प्रतिशत बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि यह पता चले कि यह काम कितना संभव और व्यावहारिक है स्टेटिसटिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के प्रमुख प्रो अभय जी भट्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र को ये रिपोर्ट पेश की

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दस मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है

ट्वीटर पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विनिवेश से अस्सी हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग पिच्यासी हजार करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं

इन रथों को भरतपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी अरूषी अजैय मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये सात मतदाता रथ जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाता बूथों पर जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिये जागरूक करेंगे इन मतदाता जागरूकता रथो में ईवीएम वीवीपैट मशीनों और मतदाता जागरूकता संगीत के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा उधर स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदाता जागरूकता रथ जालोर नगर और विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट के जरिये मतदान प्रक्रिया की जानकारी देंगे

उधर दिव्यांगजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कल उदयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा नारायण सेवा संस्थान की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टीएडी की अतिरिक्त आयुक्त अंजलि राजौरिया ने मौजूद दिव्यांगजन और आमजन को शत प्रतिशत मतदान करने तथा अन्य लोगों को मतदान के लिये प्रेरिंत करने की शपथ दिलाई

ब्राउन शूगर की कीमत तीन लाख रूपये आंकी गई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

प्रतियोगिता का पहला मैच चैन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के बीच चैन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जायेगा

जयपुर को सात मैचों की मेजबानी मिली है इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुके हैं और दिन के समय तथा रात को फ्लड लाइट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं

टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत का मुकाबला पिछली बार के विजेता जापान से होगा भारतीय टीम की कप्तानी मनप्रीत सिंह कर रहे है कई अनुभवी खिलाडियों की गैर मौजूदगी में भारत की ये युवा टीम है जिसे प्रतियोगिता के कई मजबूत टीमों के खिलाफ दमखम दिखाने का मौका मिलेगा